केंद्र सरकार ने अनलॉक फोर की गाईडलाइन जारी की

इक्कीस सितंबर से राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किये जायेंगे आयोजित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की अड़सठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है केंद्र सरकार ने अनलॉक फोर की गाईडलाइन जारी कर दी है नये गाईडलाइन के अनुसार इक्कीस सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी इनमें मास्क लगाना सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा इक्कीस सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को भी खोलने की अनुमति होगी वहीं स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर तीस सितंबर तक बंद रहेंगे हालांकि कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों के लिये कुछ छूट मिली हैं कंटेनमेंट जोन के बारह स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिये स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में पचास प्रतिशत तक शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टेलीकाउंसिलिंग से संबंधित कार्य के लिये स्कूलों में बुलाया जा सकता है गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं इसके तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणवद्व तरीके से शुरू किये जायेंगे पहली सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक फोर में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी है गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर राज्य सरकारे केंद्र से परामर्श लिये बगैर कोई स्थानीय लॉकडाउन नहीं करेगी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आदेश जारी करते हुये कहा है कि प्रदेश में कोरोना संदिग्धों और मरीजों को मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम से ही प्रवेश दिया जायेगा कोरोना संदिग्धों को दिये गये टोकन पर समय निर्धारित करते हुये दोबारा बूथ पर वोटिंग के लिये बुलाया जायेगा इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने सभी जिलों को इस अनुपालन की तैयारी का आदेश दिया है आयोग ने कहा है कि कोरोना के चलते प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने में केवल दो व्यक्ति एक साथ उपस्थित रह सकते हैं साथ ही पूर्व में नामांकन के लिये पांच वाहनों की मंजूरी को संशोधित करते हुये अधिकतम दो वाहनों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी गई है राज्य सरकार प्रारंभिक से लेकर प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत साढ़े तीन लाख शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ एक सितंबर दो हजार बीस से देगी साथ ही एक अप्रैल दो हजार इक्कीस के प्रभावी से इन शिक्षकों को पंद्रह फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प में कहा गया है कि शिक्षकों और पुस्तकायल अध्यक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने का फैसला लिया गया है राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नियमों में बदलाव करते हुये सरकार ने नियुक्ति के लिये परिनियम दो हजार बीस में संशोधन कर दिया है शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परिनियम के संशोधन को कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने अपनी मंजूरी दे दी है जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिये दो हजार नौ के पहले और बाद में पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को नेट स्लेट और सेट से छूट मिलेगी पीएचडी गाइडलाइन दो हजार नौ को दो हजार चौदह से बिहार में प्रभावी करने की स्वीकृति दी गई है वहीं एमफिल के निर्धारित सात अंक और प्रकाशित दो रिसर्च पेपर पर मिलने वाले पांच अंक को भी समाप्त कर दिया गया है केंद्र सरकार ने जेईई और नीट परीक्षा को लेकर सभी राज्यों को परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिये हैं जेईई मेंस की परीक्षा एक से छह सितंबर तक आयोजित होनी है इसके लिये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राज्य के सात शहरों में तैंतालीस सेंटर बनाये हैं इनमें पटना के बीस भागलपुर के चार मुजफ्फरपुर के छह दरभंगा के पांच गया के चार पूर्णिया और आरा के दो दो सेंटर पर परीक्षा आयोजित होगी आश्रा ए मोहर्रम आज देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर ताजिया ज़ुलूस नहीं निकाले जाएंगे लेकिन कर्बला के शहीदों की शहादत की याद में मजलिस और धार्मिक सभाएं एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित होंगी राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद कर अपने देश में सद्भावना प्रेम भाईचार और शांति के विकास के लिये हम सभी संकल्पित हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से आपसी भाईचारा कायम रखते हुये एकता बनाये रखने की अपील की है इधर मुहर्रम त्योहार को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं केंद्र सरकार ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण के दो विकल्प बताए हैं जीएसटी परिषद की इकतालीसवीं बैठक में विचार विमर्श के बाद राज्यों को यह जानकारी दी गई राज्यों से इस बारे में सात कार्य दिवसों के भीतर सुझाव देने को कहा गया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रकार के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव तथा व्यय सचिव की मंगलवार को राज्य वित्त सचिवों के साथ बैठक होगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक लाख बत्तीस हजार से अधिक हो गया है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दो हजार सत्तासी नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक पटना जिले से तीन सौ पन्द्रह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मधुबनी से एक सौ बारह गोपालगंज और अररिया से एक सौ चार एक सौ चार मुजफ्फरपुर से अंठानवे पश्चिम चंपारण से इक्यासी और समस्तीपुर से अस्सी नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर राज्य में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर छियासी दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुये हैं सत्रह हजार एक सौ इक्यासी लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस महामारी से राज्य में अब तक छह सौ उनासी लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित किये जाने के बाद अभी तीन हजार एक सौ तीस कंटेनमेंट जोन बने हुये हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड महामारी से सबसे कम मृत्युदर वाले देशो में है नई दिल्ली में कोविड उन्नीस पर मंत्री समूह की बीसवीं उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मृत्युदर एक दशमलव आठ एक प्रतिशत है उन्होंने कहा कि केवल शून्य दशमलव दो नौ प्रतिशत रोगी वेंटिलेटर पर हैं एक दशमलव नौ तीन प्रतिशत आईसीयू में और दो दशमलव आठ आठ प्रतिशत रोगी ऑक्सीजन पर हैं उन्होंने अधिकारियों को संसद और राज्य विधानसभा सत्रों के दौरान सदस्यों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने सभी लोगों से विशेषकर बुजुर्गों के कोविड की सामुदायिक कड़ी तोड़ने के लिए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा है

गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघाघाट में तेजी से बढ़ रहा है वहीं पुनपुन नदी में उफान से अन्य क्षेत्रों में नदी के तटबंध पर दबाव बढ़ गया है पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में अब भी खतरे के निशान से अस्सी सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है इस बीच नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुये पटना सुरक्षा बांध पर चौकसी बढ़ा दी गई है इधर महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न जिलों में डूबने से पंद्रह लोगों की मौत हुई है मृतकों में मधेपुरा के पांच भागलपुर के तीन सहरसा और बांका के दो दो जबकि जमुई लखीसराय तथा खगड़िया के एक एक व्यक्ति शामिल हैं पथ निर्माण विभाग ने पूर्णिया नरेनपुर फोरलेन सड़क निर्माण के लिये एजेंसी का चयन तीन महीने में शुरू करने का निर्देश दिया है इस सड़क निर्माण पर एक हजार तीन सौ चौबीस करोड़ तिरसठ लाख रूपये खर्च होंगे पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि इस सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की समयसीमा चौबीस महीने है और इसके साथ ही कटिहार बाइपास का भी निर्माण किया जायेगा रेलवे ने पटना जंक्शन सहित चार स्टेशनों पर लगेज पैकेज मशीन लगाने की योजना बनायी है इसके माध्यम से रेलयात्री अपने बैग अटैची ट्रॉली बैग और अन्य लगेज की रैपिंग पैकेजिंग और सैनिटाइजेशन करवा सकेंगे इसके लिये राजेंद्र नगर टर्मिनल पाटलिपूत्र जंक्शन और दानापुर जंक्शन के प्रवेश द्वार पर एक एक मशीन लगायी जायेगी पटना एयर पोर्ट ने चौबीस अक्टूबर तक के लिये तैंतीस जोड़ी फ्लाईटों की सूची जारी की है पटना से लखनऊ वाराणसी अमृतसर और गुवाहाटी के लिये अब सीधी उड़ान हो गयी हैं इनमें गोवाहाटी के लिये दो फ्लाइट शामिल हैं पटना एयर पोर्ट के निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि पटना एयर पोर्ट देश के उन चुनिंदा राजधानियों में शामिल हो गया है जहां से ज्यादातर महानगरों के लिये सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है नगर विकास और आवास विभाग ने कहा है कि राज्य में अब कहीं भी बिना अनुमति के मोबाईल टावर नहीं लग सकेंगे इसके लिये निर्धारित प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी टावर लगाने के लिये जिला और राज्य स्तर पर दूरसंचार समिति गठित की जायेगी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में जूट मिल फिर से चालू होगा राज्य के योजना और विकास तथा उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि ये जूट मिल एक सप्ताह में चालू कर दिया जायेगा मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिले में प्रसव प्रोत्साहन राशि घोटाले में भुगतान की गई राशि की वसूली की जायेगी उन्होंने कहा कि इस घोटाले में दोषी पाये गये लेखापाल अस्पताल प्रबंधक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से ये राशि वसूली जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अनलॉक फोर केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश बिना मंजूरी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य दैनिक भास्कर इसी खबर का शीर्षक दिया है इक्कीस सितंबर से कर सकेंगे सौ लोगों तक की धार्मिक और चुनावी सभाएं जेईई नीट की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है केंद्र ने किया आगाह केंद्रीय परीक्षाओं को लेकर किसी तरह असहयोग राज्यों को पड़ेगा भारी प्रभात खबर का शीर्षक है दो हजार बारह में अधिसूचित पीएचडी अभ्यर्थी भी होंगे मान्य आज अखबार की सुर्खी है चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा सैलरी में हुई पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा योजना के प्रथम फेज का लिया जायजा

केंद्र सरकार ने अनलॉक फोर की गाईडलाइन जारी की

इक्कीस सितंबर से राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किये जायेंगे आयोजित